आज ग्रेटर नोएडा में मरूस्थलीकरण की समस्या से निपटने के मुददे पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा श्री मोदी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जमीन पर भी बुरा प्रभाव पडता है निधन केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की माताजी श्रीमती शारदा देवी का आज तड़के दिल्ली में निधन हो गया वे कुछ समय से अस्वस्थ थी

मुरार मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है वेनेटरी कान्फ्रेंस केन्द्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान ने कल भोपाल में भारतीय वेटेनरी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में कहा कि पश चिकित्सकों को पशधन संरक्षण में बेहतर कार्य करना चाहिए बाल्यान ने कहा कि पशुपालन और डेयरी उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल को बढावा दिया जा रहा है कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शत प्रतिशत निराश्रित गौ वंश को संरक्षित करने का निर्णय लिया है इसके लिए हाईटेक गौ शालाएं बनाई जा रही हैं ग्रामीणों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है प्रदेश में नर्मदा ताप्ती बेतवा सहित अनेक छोटी बड़ी नदियां और बरसाती नाले ऊफान पर हैं इससे कई सडक मार्गो पर आवागमन ठप हो गया है भोपाल में कल दोपहर बाद से रातभर हई भारी बारिश से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया यहां भदभदा डेम के गेट पहले ही खोले गये हैं

बारिश के चलते भोपाल विदिशा सीहोर होशंगाबाद रायसेन सागर सहित कई जिलों में आज स्कूलों और आंगनवाडी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है

होशंगाबाद नरसिंहपुर और जबलपुर में लोगों को जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई है

इसके चलते भोपाल से जबलपुर मार्ग का आवागमन भी ठप्प हो गया है

आज सुबह भोपाल से इंदौर जा रही एक कार सीहोर के जताखेडा गांव के समीप एक नाले में गिर गई

यह सभी मृतक भोपाल स्थित जीवन मोटर्स के कर्मचारी हैं जो प्रशिक्षण के लिये इंदौर जा रहे थे वहीं धार जिले के धरमपुरी में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है भोपाल जिले के फंदा सागर जिले के बंडा और सिवनी में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत की खबर है

वे यहां महिला सम्मेलन में भाग ले रहे हैं

इस अवसर पर चल समारोह निकाले जा रहे हैं